आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रादेशिक समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे

लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पिछले दो दिन से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है

संभावना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति ब्याजदर पर यथा स्थिति बनाए रखेगी

अब दुपहिया वाहन खरीदने पर वाहन डीलर्स को खरीददार को एक हैलमेट निःशुल्क देना अनिवार्य होगा यह व्यवस्था एक अप्रेल से लागू होगी आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में हैलमेट की रसीद देने के बाद ही दुपहिया वाहन का पंजीयन होगा कल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में दुपहिया वाहन डीलर्स के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की

इसके तहत अब गन्दगी फैलाने वाले व्यक्ति से पंचायत जुर्माना वसूल सकती है साथ ही हर घर तथा प्रतिष्ठान से हर महीने शुल्क वसूलने का अधिकार भी पंचायत को मिल गया है

नियमों की जानकारी देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा जनजागरण अभियान शुरू किया जा रहा है

इन नियुक्तियों से दो हजार से ज्यादा युवक युवतियों को रोजगार मिलने के साथ प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी

इन्हें खाली पदों पर नियुक्ति देकर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि नए कार्मिकों की नियुक्ति से पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा

कल आर्थिक और सांख्यिकी सचिव अभय कुमार ने इस सुविधा का शुभारंभ किया गौरतलब है कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय ने एनआईसी के माध्यम से पहचान पोर्टल बनवाया है इसमें राज्य के सभी रजिस्ट्रारों द्वारा जन्म मृत्यु और विवाह के पंजीकरण किये जा रहे हैं आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राज्य में इस सुविधा को प्रारंभ करने वाला पहला विभाग है

डॉ चौधरी की यह नियुक्ति अगले तीन साल के लिए हुईे है

महोत्सव के तहत विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होंगे